पटना में सबसे अधिक नौ हजार तीन सौ अंठावन संक्रमित

दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और गोपालगंज सहित चौदह जिलों के एक सौ बाईस प्रखंडों की पचास लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है चार लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्नीस राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जिनमें सत्ताईस हजार लोग ठहराये गये हैं एक हजार तीन सौ चालीस सामुदायिक किचेन चलाये जा रहे जिनमें आठ लाख बयासी हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव एम रामचंद्र डू ने बताया कि पूर्वी चंपारण में दो गोपालगंज में ग्यारह खगड़िया में एक और समस्तीपुर में पांच राहत शिविर चलाये जा रहे हैं इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत केंद्रों में कोरोना जांच के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने वीडियो काल कर कोरोना मरीजों की जानकारी लेने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है इसके साथ ही सभी जिलों में एंब्रलेंस की पर्याप्त संख्या होने तथा वेंटिलेटर के साथ आइसीयू की सुविधा उपलब्ध करयी गयी है बाढ़ प्रभावित जिलों में आम जन जीवन प्रभावित हुआ है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मुरौल और सकरा के बीच गंडक तिरहुत कैनाल का बांध टूट गया है

और ब्यूरो के साथ हमारे दरभंगा संवाददाता

शहर से गुजरने वाली अधवारा समूह की बागमती नदी के जलस्तर मे लगातार वृद्धि होने से अनेक मुहल्लों मे पानी प्रवेश कर गया है सबसे अधिक कठिनाइ शुभंकरपुर रत्नोपट्टी बाजितपुर आजमनगर सुंदरपुर आदि मुहल्लों का है जहाँ चार से पाँच फीट तक पानी भरे हुए हैं उधर करेह नदी मे आए उछाल के कारण तटबंध पर भारी दबाव बना हुआ है हायाघाट और बहेरी प्रखंडों के अनेक भागों में पानी का रिसाव हो रहा है जिसे रोकने का प्रयास लगातार जारी है बागमती कमला बलान जीवछ गहुमा आदि नदियों का ताँडव जारी रहने से जिले के पंद्रह प्रखंडों के लगभग सतरह लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर है तराई और पहाड़ी इलाकों में बारिश के कारण जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है कई जिलों में बांध पर पानी का दबाव बढ़ा हुआ है बूढ़ी गंडक और गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से लगभग दो मीटर ऊपर है बागमती नदी के जलस्तर में दरभंगा के हायाघाट में वृद्धि हो रही है अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में खतरे के निशान से अठासी सेंटीमीटर ऊपर है महानंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में तेजी से बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान से इकहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है इधर वैशाली जिले में वाया नदी महुआ और बेलसर के कई जगहों पर उफान पर है नदी का पानी जिले के निचले इलाकों में फैल गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न जगहों पर डूबने से चौदह लोगों की मौत हुई हैं इनमें मुजफ्फरपुर में सात मधुबनी में तीन पूर्वी चंपारण में दो दरभंगा और सीतामढ़ी में एक एक लोगों की डूबने से मौत हुई है राज्य में मॉनसून अभी भी सक्रिय है आज सुबह पटना सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है पटना का न्यूनतम तापमान छब्बीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है इधर पटना गया जहानाबाद दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी जिले के कुछ इलाकों में अगले दो से तीन घंटों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस दौरान लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील की गई है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार पांच सौ इक्कीस नये मामलों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौवन हजार पांच सौ आठ हो गयी है पटना में सबसे अधिक नौ हजार तीन सौ अंठावन संक्रमित हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को चौदह कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई है अब तक प्रे राज्य में इस महामारी से तीन सौ बारह लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में राज्य में एक हजार आठ सौ तेईस संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो गये हैं वहीं अब तक पैंतीस हजार चार सौ तिहत्तर कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर लगभग छियासठ प्रतिशत दर्ज की गई है अभी भी पूरे प्रदेश में अठारह हजार सात सौ बाईस कोरोना के सक्रिय मरीज हैं इधर स्वास्थ्य विभाग ने पंद्रह अगस्त से पहले हर दिन पचास हजार लोगों की जांच करने का लक्ष्य तैयार किया है विभाग ने प्रतिनियुक्त किये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के जांच के लिये जिलावार मॉनिटिरिंग की जिम्मेदारी दी गयी है जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद आरसीपी सिंह और उनकी पत्नी तथा जदयू विधायक ललन पासवान भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं सांसद आरसीपी सिंह को देर रात पटना के एम्स में भर्ती कराया गया है इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में चले गये हैं वहीं पटना के पीएमसीएच के इक्कीस स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं कोविड उन्नीस महामारी को देखते हुये राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक एंड्रायड मोबाईल एप जारी किया है इस एप के माध्यम से संदिग्ध रोगी जांच के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं एप में सभी जिलों के जिला कंट्रोल रूम का भी नम्बर दिया गया है जिससे एमरजेंसी सहायता और एंब्रलेंस की सुविधा भी कोरोना पीड़ित प्राप्त कर सकते हैं साथ ही उन्हें एप के माध्यम से ही जांच रिपोर्ट भी मिल जायेगी एप पर नजदीकी कोविड केयर सेंटर की जानकारी समेत अन्य सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी संजीवन एप के माध्यम से लोग कोविड से संबंधित परामर्श भी ले सकते हैं यह एप गूगल प्ले स्टोर पर कल से उपलब्ध रहेगा इस एप को स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाईट से भी लाउनलोड किया जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिये चिकित्सकों को वीडियो कॉल के जरिये भी सलाह देने का आदेश दिया है स्वास्थ्य विभाग विभिन्न मोबाइल एप के जरिये यह व्यवस्था लागू करेगी सूचना और जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मरीजों को चिकित्सीय परामर्श आसानी से उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिये हैं इसके लिये वीडियो कॉल और अन्य माध्यमों का उपयोग कर मरीजों को परामर्श दिया जायेगा केंद्र सरकार ने लोगों को कम लागत पर उच्च गुणवत्तावाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं और पिछले छह वर्ष में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ब्रुनियादी ढांचा खड़ा किया है देश में कोविड उन्नीस महामारी का प्रकोप कम करने में इससे मदद मिली है आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि पिछले छह वर्षो में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में तेजी आयी है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है

आयुष्मान भारत में जोहेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक डेढ़ लाख हेत्थ एंड वेलनेस क्रिएट किये जा रहे हैं ये जो हमारा प्राइमरी हेत्थकेयरहै को बढ़ावा मिलेगा इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर काफी काम हो रहा है जो डिस्ट्रिक्टहॉस्पीटल्स हैं उनको स्ट्रेन्थेन कर रहे हैं और हरेक जिले में मेडिकल एजुकेशन के लिएकॉलेज बन रहे हैं उससे जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की सोच है वह अधिक होगी साथ हीसाथ प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं उनमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्सेंटिव दियेजा रहे हैं जिससे की उनकी पूरी की पूरी पहुंच है पब्लिक और प्राइवेट के माध्यम से उसको गति मिलेगी एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

बिहार विधानमंडल का मॉनूसन सत्र कल पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा बिहार विधान परिषद का मॉनूसन सत्र भी चार दिन की जगह एक ही दिन का होगा विधान परिषद के आगामी एक सौ पंचानवे सत्र के संचालन के लिये परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की ओर से सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया बिहार विधान सभा सचिवालय ने कल होने वाली सदन की बैठक का कार्यक्रम तैयार कर लिया है बिहार विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के संबोधन से सत्र की शुरूआत होगी इस दौरान अध्याशी सदस्यों का मनोनयन और समितियों के गठन की घोषणा की जायेगी उसके बाद राजकीय विधेयक पेश किये जायेंगे गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण विधानमंडल का सत्र एक ही दिन का होगा बिहार विधान सभा के आम चूनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कार्यरत संविदा कर्मियों की जानकारी मांगी है निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोपाल मीणा ने बताया कि सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को छह अगस्त तक संविदाकर्मियों का ब्योरा उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर संविदाकर्मियों की सेवा भी चुनाव में ली जा सकती है चुनाव आयोग के निर्णय के बाद ही इन सभी संविदाकर्मियों को चुनाव कार्य में लगाया जायेगा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में देश में निवेश के लिये बाईस कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है श्री प्रसाद ने कहा कि कंपनियों ने ग्यारह लाख करोड़ से ज्यादा मोबाइल निर्माण के लिये निवेश का प्रस्ताव दिया है इन कंपनियों के उत्पादन शुरू होने पर सात लाख करोड़ रूपये के मोबाइल निर्यात किय जायेंगे इससे मोबाइल क्षेत्र में बारह लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के मोबाइल फोन बाजार में सत्तर फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाली चीन ने चार कंपनियों को इस स्कीम से दूर रखा है शिक्षा विभाग ने कक्षा एक से पांच तक में तिरसठ हजार नौ सौ इक्यावन शिक्षक नियोजन के लिये अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने का निर्णय लिया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि कक्षा पांच तक के लिये डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की मेधा सूची अलग अलग तैयार होगी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही दिया जायेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला प्रावैधिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दी है इस नियुक्ति के लिये साक्षात्कार बारह अगस्त से एक सितंबर के बीच होगा तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में ढाई रूपये की बढ़ोतरी की है इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में इस महीने में घरेलू गैस के सिलेंडर के लिये छह सौ इक्यानवे रूपये पचास पैसे और व्यावसायिक कनेक्शन के तहत सिलेंडर के लिये एक हजार तीन सौ सत्ताईस रूपये पचास पैसे का भुगतान करना होगा पटना के चक बैरिया में आज से प्रवासी मजदूर सेंटर काम करने लगेगा इसके अंतर्गत एक साथ दस बैच चलेंगे प्रत्येक बैच में बीस बीस प्रवासी मजद्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना के जक्कनपुर में गैस रिसाव से दहशत दैनिक भास्कर ने बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है विधानसभा और विधान परिषद सत्र कल दोनों एक दिन का ज्ञान भवन में दैनिक जागरण ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हवाले से लिखा है मोबाइल क्षेत्र में मिलेंगे बारह लाख रोजगार फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह मामले की खबर को प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है मुख्यमंत्री बोले महाराष्ट्र पुलिस को करना चाहिए सहयोग पिता करेंगे मांग तो सीबीआइ जांच की सिफारिश पर विचार राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है नई शिक्षा नीति से नई पीढ़ी बनेगी आत्मनिर्भर दैनिक आज की सुर्खी है भाषा शिक्षकों की होगी बहाली

पटना में सबसे अधिक नौ हजार तीन सौ अंठावन संक्रमित